बाड़मेर में पुलिस हिरासत में मारे गये दलित युवक का आज अंतिम संस्कार किया गया अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स कुल की रस्म के साथ अनौपचारिक रूप से सम्पन्न

श्री मेघवाल ने प्रश्नकाल में एक तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि पिछले पांच वर्षो में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का काम फरवरी महीने से ही शुरू कर दिया गया पहले किसानों को मुआवजा देने का काम मई जून से पहले शुरू नहीं किया जाता था

डॉ गर्ग ने प्रश्नकाल में बताया कि कोई भी विश्वविद्यालय यूजीसी एक्ट के अनुसार संचालित किया जाता है उसे यूजीसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए राज्यमंत्री को कहा कि यदि केवल विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग को मान्यता देता है और यूजीसी मान्यता नहीं देता तो कोई विद्यार्थी राज्य के बाहर की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा इसलिए यूजीसी से बात कर इसकी जांच करा ली जाये

कार्यक्रम में मुख्य वक्तव्य राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ललित के पंवार ने दिया उन्होंने कहा कि रोजगार तथा जीवन में सफलता के लिये कौशल का बहत महत्व है उन्होंने कहा कि अर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग जैसे नये क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं

प्रदेश के सभी जिलों में आज महिला सप्ताह के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए

इस मरीज में रोग की एक बार और पुष्टि के लिए सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट़यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा जा रहा है अस्पताल के अधीक्षक डॉ डीएस मीणा ने बताया कि इटली निवासी एंड्रयू राज्य में घूमने आया था शनिवार को उसे कोरोना संदिग्ध मानते हुए अस्पताल में भर्ती किया गया उन्होंने कहा कि मरीज मं कोरोना जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं अस्पताल में हुई जांच में मरीज में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक लेकर कोरोना वायरस से बचाव के सम्बन्ध में की गई तैयारियों और स्थिति की समीक्षा की

दलित समाज के प्रतिनिधि मंडल और राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल में कल समझौता हो जाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव घर ले गये और सुबह परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार किया

समझौते के बाद पीड़ित परिवार और समाज के लोगों के साथ ही विधायक मेवाराम जैन और कई अन्य कांग्रेस नेता यूवक की अंतिम यात्रा के लिए पहंचे

पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है